इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा इंदौर से जबलपुर के बीच यात्रा समय में कमी और इंदौर से मुम्बई तथा दक्षिण की ओर यात्रा समय में कमी लाना है

प्रस्तावित लाईन बुधनी के वर्तमान यार्ड से शुरू होगी और इंदौर के पास पश्चिमी रेलवे के वर्तमान स्टेशन मांगलियागांव से जुड़ेगी इस मार्ग पर दस नए क्रॉसिंग स्टेशन और सात नए हाल्ट स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है नई लाईन से सिहोर देवास तथा इंदौर जिलों को लाम होगा और बुधनी से इंदौर के बीच सीघा संपर्क स्थापित होगा नसरुल्लागंज खातेगांव तथा कन्नौद जैसे विभिन्न शहरो और गांवों से रेल संपर्क स्थापित होगा जहां अभी रेल संपर्क नहीं है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री पियूष गोयल का आभार व्यक्त किया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध तोड़ने को दंडनीय अपराध बनाने के बारे में आज एक अध्यादेश लाने की मंजूरी दे दी है आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में अपने फैसले में तीन तलाक को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था लोक सभा ने तीन तलाक को गैर कानूनी बनाने सम्बंधी विधेयक को मुजेरी दे दी थी लेकिन यह राज्य सभा में पारित नहीं हो सका उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे पारित कराने में विपक्ष को साथ लेने का प्रयास किया लेकिन कांग्रेस ने इसमें सहयोग नहीं किया राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल धार जिले के ग्राम पाटडी में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये जीवन जल पेयजल परियोजना का लोकार्पण किया इस परियोजना की स्थापना क्लिटन फाउण्डेशन टाटा ट्रस्ट और डिंकवेल टेक्नालॉजी द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से की गई है

ग्रामीणों को बीमारियों से बचाने के लिये स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी देते हुए राज्यपाल ने बताया कि ग्रामीणों को स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिये पेयजल प्रदाय की यह अभिनव परियोजना स्थापित की गई है इस मौके पर उन्होंने केन्द्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को हित लाभ भी वितरित किये ज्ञापन इंदौर में आज लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम के खिलाफ लेाकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के निवास के बाहर प्रदर्शन किया सवर्ण समाज के बैनर तले पहंचे इन लोगों ने श्रीमती महाजन की अनुपस्थिति में उनके एक प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा पुलिस ने यहां पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे मानवाधिकार आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पीडीएस की दुकानों पर ताले लगे होने और इससे गरीबों को हो रही परेशानी के मामले में संज्ञान लिया है आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने जबलपुर जिले के सिहोरा और मझौली क्षेत्र में पीडीएस की दुकानों में ताले लटके रहने के मामले में प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति विमाग और जबलपुर पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन मांगा है मौसम प्रदेश के लोगों को अगले सप्ताह तेज गर्मी से राहत मिल सकती है

राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के बड़े हिस्से में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है इसके चलते दोपहर के समय गर्मी का सामना करना पड़ रहा है रातें भी अपेक्षाकृत गर्म हैं

इसमें देशभर के वरिष्ठ डाक्टर और प्रोफेसर भी शामिल हो रहे हैं सिवनी जिले के चूरनाटोला गांव में शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया गया